सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केरल ग्जरात दिल्ली राजस्थान कर्नाटक और तमिलनाड् के मुख्यमंत्रियों ने इस वर्ईअल बैठक में हिस्सा लिया

हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की बातचीत मुख्य रूप से इन राज्यों में अधिक से अधिक आई सी यू बिस्तर उपलब्ध कराने और कोविड देखभाल सुविधाएं बढ़ाने पर कोंद्रित थी उन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया बैठक के दौरान श्री मोदी ने महामारी पर रोक लगाने के बेहतर प्रबंधन के लिए जांच तेज करने और लघू रोकथाम क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर फिर बल दिया गृहमंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में उपस्थित थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की

लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट आईएन पर पंजीकरण करा सकते हैं

पहली मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोविड मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्नीनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं

गूर्दे या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर नहीं दी जा सकती जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में हैं उन्हें रेमडेसिविर लेने की जरूरत नहीं है

विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ सप्ताह में कोविड के मामलों में और गिरावट देखी जा सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि राज्य में रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और सरकार समी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है

उन्होंने अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक जिले में कोविड बेड की संख्या को दोगुना करने का निर्देश दिया कल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उपचार के बेहतर प्रबंधन के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों के संस्थानों को नए दिशानिर्देश जारी किए अब निजी अस्पतालों को कोविड रोगियों के प्रवेश के लिए उनकी कोविड बेड क्षमता का नब्बे प्रतिशत तक लेने की अनुमति है और दस प्रतिशत संदर्भ प्रवेश के लिए आरक्षित होंगे निजी या सरकारी सभी अस्पतालों को प्रतिदिन सुबह और शाम सरकार को बिस्तर की वास्तविक स्थिति का डेटा उपलब्ध कराना होगा और इसे अपने संस्थान में नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा

उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमेडिसविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है

औरैया जिले से भाजपा के सदर विधायक रमेश दिवाकर की गुरुवार रात मेरठ मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई वह कोरोना संक्रमित थे कई दिन पहले उनको गंभीर अवस्था मे मेरठ मेडिकल के कोविंड वार्ड में भर्ती कराया गया था स्वर्गीय रमेश दिवाकर मिलनसार व्यक्ति थे और पहली बार विधायक चुने गये थे कई राजनीतिक दलों के नेता और गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्री दिवाकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है